इस बार यह कार्यक्रम विश्व के सभी छात्रों के लिए उ लब्ध होगा और यह प्री तरह ऑनलाइन और रोचक और मनोरंजन से भरप्र चर्चा वाला आयोजन रहेगा एक ट्वीट में श्री मोदी ने छात्रों से अपील की कि वे बिना किसी तनाव के मुस्कुराते ह्ए अ नी रीक्षाओं में शामिल हों रीक्षा चर्चा के चौथे संस्करण का आयोजन अगले महीने होगा

डिवीजन बैंच ने राज्य सरकार से कहा है कि जिन जिन मामलों में जवाब ेश नहीं किया गया है अंतिम स्नवाई के हले उन मामलों में जवाब ऐश किया जाए

सेना की टीम आज सुबह से शवों की तलाशी में जूटी है वहीं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी आज घटनास्थल का जायजा लेने हंचेंगे

तीन लोग अब भी ला ता बताए गए हैं